मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने पोर्ट लुईस में इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दी सम्मेलन से बढकर श्री वाजपेयी के लिये और कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती

सम्मेलन का विषय है हिन्दी विश्व और भारतीय संस्कृति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

शोक सभा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर प्रदेश में शोक सभाओं का दौर जारी है ग्वालियर संवाददाता ने बताया है कि मध्यप्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने आज शाम को सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है

इन्दौर में आज शाम सर्वधर्म सर्व दलिय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेगी खण्डवा नागरिक मंच द्वारा भी गौरकुंज में शोकसभा आयोजित की जायेगी जिसमें बारह से ज्यादा संगठन शामिल होंगे वहीं कल विभिन्न समाजसेवी संगठनों राजनीतिक दलों ने षोकसभाएं आयोजित कर उनका पुण्य स्मरण किया शव बरामद शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ जलप्रपात में हाल ही में हुए भीषण हादसे के तीन दिन बाद आज सुबह नवें पर्यटक का भी शव बरामद होने के बाद प्रशासन ने तलाशी अभियान बन्द कर दिया है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लक्ष्मीकांत पाण्डे ने बताया है कि आखरी शव मिलने के बाद तलाशी अभियान बन्द किया गया है जिन व्यक्तियों की मोहना थाने में गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी उन सभी के शव बरामद हो गये हैं विदिशा आग विदिशा जिले की भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में भीषण आग लगने से बैंक के कम्प्यूटर जलकर खाक हो गये हैं हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है बैंक मैनेजर बबीता यादव ने बताया है कि शॉट सर्किट से आग लग गई थी जांच के बाद ही नुकसान का आंकलन हो पायेगा वेलनेस सेंटर सतना जिले के आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो का चयन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के लिये किया गया है इसके साथ ही अब जिले में इनकी संख्या ग्यारह हो जायेगी इन सेंटर्स में तीस साल से अधिक उम्र के सभी मरीजों की स्क्रीनिंग कर ब्लड प्रेशर शु्गर और कैंसर जैसी बिमारीयों का पता लगाया जा सकेगा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 मौसम केन्द्र भोपाल ने राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी दी है

वहीं भोपाल होशंगाबाद ग्वालियर इंदौंर और चम्बल संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के निधन के चलते सात दिन के शोक के कारण यह बैठक निरस्त की गई है